महागठबंधन ने प्रदेश के लोकसभा चुनाव के तीसरे से सातवें चरण के लिए आज अपने तेईस प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजद कांग्रेस और तीन अन्य पार्टियों द्वारा लड़ी जाने वाली इकतीस सीटों के नाम का एलान किया हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की उपस्थिति में श्री यादव ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की आज हुए एलान के मुताबिक पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शरद यादव मधेप्रा से रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती पाटलीपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी शिवहर सीट को छोड़कर आज पन्द्रह सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गयी राजद ने अपने कोटे की एक सीट आरा संसदीय क्षेत्र को भाकपा माले प्रत्याशी के लिए छोड़ दिया है लालू प्रसाद की परम्परागत सीट सारण से उनके समधी चन्द्रिका राय प्रत्याशी होंगे वहीं राजद के अन्य प्रत्याशियों में बेगूसराय से तनवीर हसन अररिया से निवर्तमान सांसद सरफराज आलम सीतामढ़ी से अर्जुन राय महाराजगंज से रणधीर सिंह गोपालगंज से सुरेन्द्र राम उर्फ महंत शामिल हैं पार्टी ने कई वर्तमान विधायकों और पूर्व मंत्रियों को भी इस बार टिकट दिया है पूर्व मंत्री और विधायक अब्दुल बारी सिद्दिकी दरभंगा से विधायक गुलाब यादव झंझारपुर से राज्य के पूर्व मंत्री शिवचन्द्र राम हाजीपुर से राजद के प्रत्याशी होंगे वहीं जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को सिवान से पूर्व केन्द्रीय मंत्री जगदानंद सिंह को बक्सर से प्रत्याशी बनाया गया है इधर कांग्रेस के भी चार सीटों की घोषणा दिल्ली में केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद की गयी निवर्तमान सांसद रंजीत रंजन सुपौल से दोबारा चुनाव लड़ेंगी वहीं विधायक अशोक कुमार समस्तीपुर से विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मुंगेर से और लोक सभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार सासाराम से चुनाव लड़ेंगी पार्टी ने कटिहार किशनगंज और पूर्णियां से तीन प्रत्याशियों का पहले ही एलान कर दिया है नौ में से दो अन्य सीटों पटना साहिब और वाल्मिकीनगर पर कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा बाद में करेगी उपेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की चार सीटों की भी घोषणा की गयी रालोसपा पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण उजियारपूर और काराकाट से चुनाव लड़ेगी इन सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम बाद में घोषित करेगी जमुई सीट से पार्टी प्रत्याशी भूदेव चौधरी पहले ही नामांकन कर चुके हैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी तीन सीटों मुजफ्फरपुर खगड़िया और मधुबनी से चूनाव लड़ेगी मुकेश सहनी खगड़िया से जबकि राजभूषण चौधरी निषाद मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे वहीं पार्टी के कोटे की तीसरी सीट मध्रबनी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा बाद में की जायेगी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपने कोटे की तीसरी सीट नालंदा से अशोक कुमार आजाद चन्द्रवंशी को अपना प्रत्याशी बनाया है हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे की दो सीटों गया से जीतन राम मांझी तथा औरंगाबाद से उपेन्द्र प्रसाद पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं

कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दो प्रत्याशियों ने नाम वापस लिये हैं जिसके बाद पांच सीटों पर कुल उनहत्तर प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गये हैं भाजपा के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अशोक अग्रवाल ने आज अपना नाम कटिहार सीट से वापस ले लिया दूसरे चरण में भागलपुर कटिहार बांका पूर्णियां और किशनगंज संसदीय क्षेत्रों में अठारह अप्रैल को मतदान होगा सबसे अधिक बीस प्रत्याशी बांका लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं वहीं भागलपुर में प्रत्याशियों की संख्या नौ है पूर्णियां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सोलह कटिहार से दस और किशनगंज से चौदह प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गये हैं लोकसभा चूनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन कार्य में तेजी आयी है झंझारप्र खगड़िया सुपौल मधेपुरा और अररिया में नामांकन कार्य चार अप्रैल तक चलेगा आज राज्य के मंत्री दिनेश चन्द्र यादव ने मधेप्रा और दिलेश्वर कामत ने सुपौल से जदयू प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा भरा वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार राजद के सरफराज आलम ने अररिया सीट से अपना नामांकन पर्चा भरा पांचों सीटों पर मतदान तेईस अप्रैल को होगा सहरसा जिले में पुलिस ने सौर बाजार थाना क्षेत्र के पहाड़पुर इलाके में छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है घटनास्थल से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और हथियार बनाने के कई सामान भी जब्त किये गये हैं महागठबंधन में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ ही बगावत के स्वर तेज हो गये हैं टिकट नहीं मिलने से नाराज राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आक्रोश जताया श्री फातमी ने दरभंगा और मध्रबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चूनाव लड़ने के संकेत दिये हैं इधर महागठबंधन के एक अन्य घटक हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा में भी विरोध के स्वर उभरते हुए देखे गये पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह ने टिकट नहीं मिलने से क्षुब्ध होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है राजद नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के सारण लोकसभा सीट से राजद के अधिकृत प्रत्याशी चन्द्रिका राय के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी खबरें े आ रही हैं इस बीच श्री राय ने कहा कि तेज प्रताप पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और उन्हें मना लिया जायेगा पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता लवली आनंद ने शिवहर से टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है पहले और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की चुनावी मैदान में अंतिम स्थिति तय होने के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आ गयी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज औरंगाबाद में चूनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के पक्ष में वोट मांगा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रदेश में यह उनकी पहली चुनावी रैली थी श्री शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष का महागठबंधन नेतृत्व विहीन और मुद्दा विहीन है उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का कौन नेता है यह तय नहीं है और सभी किसी एक को नेता मानने को तैयार नहीं हैं उन्होंने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में विकास के इतने सारे कार्य हुए हैं कि विपक्ष को मुद्दा ही नहीं मिल रहा है राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज किशनगंज और अररिया में चुनावी सभाएं आयोजित की वहीं सीपीआई के कन्हैया कुमार ने भी बेगूसराय में चूनाव प्रचार कर लोगों से वोट की अपील की

इस कड़ी में आज प्रस्तुत है नवादा लोकसभा सीट का परिदृश्य बाईट अशोक प्रियदर्शी स्वामी सहजानंद जेपी की कर्मभूमि और श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली रहा नवादा संसदीय क्षेत्र बिहार में लोक सभा चुनाव में इस बार चर्चा के केंद्र में है

गिरिराज सिंह को अब भाजपा ने बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया है एनडीए और महागठबंधन ने नये नये चेहरे को मैदान में उतारा है

पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो केबी प्रसाद और पूर्व जिला पार्षद निवेदिता सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर कर विभिन्न दलों की चिंताएं बढा रहे हैं दो हजार चौदह के पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा से गिरिराज सिंह और राजद से राजबल्लभ प्रसाद समेत सत्रह उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे

भीषण पेयजल संकट वाले नवादा क्षेत्र में वारिसलीगंज चीनी मिल अपर सकरी जलाशय योजना पेयजल सिंचाई और रोजगार नागरिकों की एक बडी समस्याएं है जिनका प्रभाव चुनावी मुद्दे को रुप में देखने को मिल सकता है आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी

वहीं हथियारों के दुरूपयोग को रोकने के लिए की गयी छापेमारी और तलाशी अभियान में अब तक छह सौ तिरानवे आग्नेयास्त्र जब्त किये गये हैं वहीं पांच लाख अठहत्तर हजार लीटर से अधिक शराब जब्त की गयी है